प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बढ़ाया इसरो वैज्ञानिकों का हौसला कहा देश को अपने वैज्ञानिकों पर है गर्व

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत लिंगानुपात में सुधार और जागरूकता बढ़ाने के लिए पांच राज्य और नौ जिले प्रस्कृत चन्द्रयान दो के लैण्डर विक्रम के चॉद की सतह पर उतरने से क्छ क्षण पहले धरती पर स्थित मिशन नियंत्रण कक्ष से सम्पर्क ट्ट गया भारतीय अंतरिक्ष अनुसंघान संगठन इसरो ने बताया कि चन्द्रयान दो के लैण्डर विक्रम के चन्द्रमा पर उतरने का क्रम पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार चल रहा था तथा चॉद की सतह से दो दशमलव एक किलोमीटर की दूरी तक उसका प्रदर्शन सामान्य रहा लेकिन इसके बाद धरती पर स्थित केन्द्र से लैण्डर का सम्पर्क ट्ट गया इसरो ने बताया कि सम्पर्क ट्टटने से पहले तक लैण्डर विक्रम से मिले आंकडों का विश्लेषण किया जा रहा है इन गौरवशाली क्षणों का साक्षी बनने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी स्वयं वहां मौजूद थे लैण्डर विक्रम का मिशन नियंत्रण कक्ष से सम्पर्क टूटते ही वहां मौजूद इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर के सिवन तथा अन्य वैज्ञानिक चिंतित दिखे इस पर प्रधानमंत्री ने इसरो अध्यक्ष की पीठ थपथपा कर उनका हौसला बढ़ाया प्रघानमंत्री ने कहा इसरो के वैज्ञानिकों ने इस मिशन में जितना कृष्ठ हासिल किया है वह काबिलेतारीफ है प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि देश को इसरो पर गर्व है चन्द्रयान दो का प्रेक्षपण बाईस जुलाई को आन्द्रप्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केन्द्र से किया गया था चौदह अगस्त तक पृथ्यी की कक्षा में रहने के बाद चन्द्रमा की तरफ उसकी यात्रा शुरू हई थी और छः दिन बाद बीस अगस्त को वह चन्द्रमा की कक्षा में पहंचा था चन्द्रयान दो के तीन हिस्से थे ऑर्विटर लैण्डर और रोवर इनमें से आर्विटर अब भी चन्द्रमा की कक्षा में चक्कर लगा रहा है इससे पहले लैण्डर विक्रम के चन्द्रमा की सतह पर उतरने की प्रक्रिया का सजीव प्रसारण देखने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इसरो के बेंगलूरू स्थित देलीमेंट्री ट्रैकिंग एण्ड कमांड नेटवर्क केन्द्र पहुंचे प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात प्रधानमंत्री ने सभी वैज्ञानिकों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं यह कोई मामूली उपलब्धि नहीं है देश को आप पर गर्व है वेहतर की उम्मीद रखें प्र्यानमंत्री ने वैज्ञानिकों को बयाई देते हुए कहा कि मैं आपको बधाई देता हूँ आप सभी ने राष्ट्र विज्ञान और मानव जाति की अमूल्य सेवा की है मैं हमेशा आपके साथ हूँ आप साहस के साथ आगे बढ़िए प्रधानमंत्री श्री मोदी अब से थोड़ी देर बाद आठ बजे इसरो के नियंत्रण कक्ष से राष्ट्र को सम्बोधित करेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने ट्वीट संदेश में कहा चन्द्रयान दो मिशन के द्वारा इसरो की पूरी टीम ने अदम्य साहस का परिचय दिया है देश को इसरो पर गर्व है हम सब बेहतर की उम्मीद में है केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा चन्द्रयान दो की अब तक की सफलता से हर भारतीय गौरवान्वित है पूरा राष्ट्र इसरो के परिश्रमी वैज्ञानिकों के साथ खड़ा है उन्होंने इसरो को भविष्य की परियोजनाओं के लिए श्भकामनाएं दी कॉप्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहल गांधी ने भी कहा कि देश इसरो के साथ खड़ा है और उनका प्रयास व्यर्थ नहीं जायेगा प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर कहा कि हमें भारतीय वैज्ञानिकों उनके परिश्रम उनके मेघा और विजन पर गर्व है

पूरा देश आप सभी के साथ खड़ा है लैण्डर विक्रम के चन्द्रमा की सतह पर उतरने का अवलोकन करने के लिए वेंगलुरू के इसरो केन्द्र पर देशमर से सत्तर बच्चे भी मौजूद थे प्रधानमंत्री न केवल इन बच्चों से मिले बल्कि इनके सवालों के जवाब भी दिए बिहार के बोधगया में अमर ज्योति विद्यालय की आठवीं छात्रा सौम्या ने कहा प्रधानमंत्री जी से मिलना मेरे लिए एक सपने की तरह था जिसे इसरो ने पूरा कर दिया जब मेरा सलेक्शन हुआ था तो मेरी खुशी का ढिकाना ही नहीं था मेरे परिवारवालों को मेरे दोस्तों को तथा मेरे स्कूल के टीचर्स को मुझ पर बहत ही गर्व महससू हुआ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि स्वच्छ भारत अभियान से महिलाओं के सशक्तीकरण और उनकी गरिमा बनाए रखने में मदद मिली है कल नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में स्वच्छ भारत मिशन में असाधारण योगदान के लिए पुरस्कार प्रदान करने के बाद उन्होंने कहा कि स्वच्छता सफलता हासिल करने का मार्ग है

उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि भारत कभी भी आक्रामक देश नहीं रहा और उसने कभी किसी देश पर हमला नहीं किया उन्होंने कहा कि भारत ने हमेशा ही समूचे विश्व को एक परिवार माना है उपराष्ट्रपति ने कहा कि समस्याओं का निराकरण बातचीत के माध्यम से किया जा सकता है वे कल नई दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के चुनिन्दा भाषणों के दूसरे संग्रह का विमोचन कर रहे थे लोकतंत्र के स्वर और द रिपब्लिकन एथिक नाम की पुस्तके राष्ट्रपति कोविंद के कार्यकाल के दूसरे वर्ष के दौरान दिये गये पन्वानबे संबोधनों का संकलन हैं श्री नायड् ने कहा कि राष्ट्रपति देश को अन्नदाता किसान वैज्ञानिक पेशेवरों और सबसे बढ़कर बहाद्र जवानों के योगदान की याद दिलाते हैं उप राष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रपति श्री कोविंद नौकरशाही में प्रवेश करने वाले युवाओं को संविधान की भावना की रक्षा के लिए उत्कृष्ट विचार अपनाने की प्रेरणा देते हैं सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रकाशित प्स्तकों का परिचय देते हुए कहा कि इनमें भारत की संस्कृति बदलती दुनिया और शिक्षा के बारे में राष्ट्रपति के भाषणों के साथ साथ संसद में उनके भाषणों का संकलन शामिल है श्री रामनाथ कोविंद जी हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी एक असाधारण व्यक्तित्व के धनी है एक अपना खुद का विचार उनका समाज के बारे में शिक्षा के बारे में संस्कृति के बारे में सामाजिक सद्भाव के बारे में वो है और उसको वो बहुत अच्छी तरह से आर्टीक्लेट करके प्रकट करते हैं

प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के स्वच्छता और प्लास्टिक मुक्त भारत के सपनों को साकार करने की दिशा में एक कदम बढ़ाते हुए मथुरा के द्वारिकधीश मंदिर से स्वच्छता ही सेवा और प्लास्टिक पालिथीन मुक्त ब्रज अभियान का शुभारम्भ किया इस कार्यक्रम के अन्तर्गत श्री शर्मा ने एक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया इस अवसर पर श्री शर्मा ने कहा कि प्लास्टिक प्रत्येक रूप में स्वास्थ्य के लिये नुकसानदायक है गौवंश द्वारा इसे खाने से उसके स्वास्थ्य और दूध देने की क्षमता पर विपरीत असर पड़ रहा है उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश को प्लास्टिक मुक्त करना है और ब्रज क्षेत्र को स्वच्छता का मॉडल बनाना होगा श्री शर्मा ने बताया कि दो अक्टूबर तक प्रदेश के सभी परिवारों में शौचालय का निर्माण करा दिया जायेगा